अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर बिलासपुर और ऊना जिले के विकास के लिए सांसद निधि से एक समान राशि दी गई है उद्योग मंत्री उद्योग और श्रम व रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा है कि उद्योगों द्वारा न्यूनतम मजदूरी नियम की अवहेलना को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जाएगा ऊना जिले में हरौली के बाथू में कल उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि नियमों के विरूद्व कार्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए बेहतर वातारण मुहैया करवाया जाएगा

उपायुक्त विनोद कुमार ने सोलन में एक बैठक में बताया कि इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिला अधिकारों के प्रति समाज को जागरूक बनाना है उन्होंने खंड स्तर पर भी महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित करवाने के निर्देश दिए बाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री जीएसबाली ने कहा है कि हिमाचल में कोई भी सरकार ऋण के बिना नहीं चल सकती ऐसे में इस विषय पर बोलना उचित नहीं है मण्डी में कल पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि वे राज्य सरकार पर कम से कम छ महीनों तक कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे श्रेष्ठ भारत भारत सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत शिमला के समीप बनूटी में इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम कल शुरू हुआ कार्यक्रम के प्रदेश के नोडल ऑफिसर आशीष कोहली ने इसका शुभारंभ किया

आशीष कोहली ने बताया कि युवाओं को भारत की विविधता को जानने व समझने के बेहतरीन अवसर देना और परस्पर संवाद स्थापित करना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है नो हॉर्न अभियान राज्य सरकार अनावश्यक हॉर्न बजाने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रदेश में नो हॉर्न अभियान जल्द शुरू करेगी ये निर्णय कल शिमला में अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया उन्होंने कहा कि शोर महज एक बाघा ही नहीं बल्कि पर्यावरण से जुड़ी गंभीर समस्या और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है मनीषा नंदा ने कहा कि पहले चरण में ये अभियान शिमला और मण्डी में शुरू किया जाएगा और बाद में इसे चरणबद्व ढंग से अन्य शहरी क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचारपत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है विघानसभा सत्र में देंगे विपक्ष को हिसाब दैनिक जागरण का शीर्षक है कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को सरकार देगी जमीन

मौसम से जुड़ी खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है चोटियों पर हिमपात आज भारी बारिश बर्फबारी की चेतावनी हिमाचल में कल तक खराब रहेगा मौसम फिर बढ़ेगी ठंड दिव्य हिमाचल के अनुसार आज मैदानों के साथ भीगेंगे शिमला कुल्लू दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है सूबे में भारी ओलावृष्टि की चेतावनी आपका फैसला के शब्द हैं रोहतांग में एक फूट हिमपात ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू निचले क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आए मंत्रिमण्डल की बैठक कल सम्भावित संशोधनों पर होगी मंत्रणा शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है पूर्व सरकार के अंतिम वर्ष में लिये निर्णयों की होगी समीक्षा अमर उजाला की एक खबर है आंगनबाड़ी केन्द्रों में खुलेंगे प्ले वे स्कूल सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने की जयराम सरकार की कवायद बजट में कर्मचारियों को पेंशन बहाली की उम्मीद वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने को हो धन का प्रावधान दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है दैनिक जागरण लिखता है वन विभाग की टीम पर माफिया का हमला देवदार की लकड़ी से भरी जीप रोकने पर बुलाए गुंडे कांग्रेस अधिवेशन में बाली ने सुनाई खरी खोटी लोकसभा चुनाव जिताने को जुटी कांग्रेस में चरम पर दिखी गुटबाजी अमर उजाला की खबर है

इसी अखबार की एक अन्य खबर है कोटखाई के बगाहट स्कूल में लौटा लोगों का भरोसा महिला शिक्षक की मेहनत को सलाम प्रदेश में अग्निकांड की खबर पर दिव्य हिमाचल का शीर्षक है तीन अग्नि कांडों ने दहलाया हिमाचल एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय हादसे के जख्म में लिखता है यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने और लोगों के जागरूक होने के बाद ही प्रदेश में हादसों पर कुछ हद तक लगाम लग सकती है पंजाब केसरी अपने सम्पादकीय हिमाचल प्रदेश में एक दिन में राज्य की विभिन्न क्षेत्रों में बदली तस्वीर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पिछले वर्षों में हुए विकास की सराहना की है